उन्होंने सम्मेलन से अलग ब्रिक्स देशों के नेताओं से मुलाकात की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 संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई की अगले सप्ताह पोलैंड में होने वाली बैठक में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा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

हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर बात करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की विदेश नीति देश हित में है और आतंकवाद के चलते पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती श्री योगी आज बलरामपुर में थारू जनजाति क लिए विशेष छात्रावास का शिलान्यास कर रहे थे उन्होंने कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ संभव नहीं है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए युद्धस्तर पर कार्य करा रही है उन्होंने कहा कि पिछड़ेपन की मार झेल रहे थारू जनजाति के गरोब परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है शक्ति पीठ देवो पाटन मन्दिर में ब्रह्मलीन महंत महेन्द्रनाथ योगी की पुण्य तिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में श्री योगी ने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित शक्तिपीठ दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों का मुख्य आधार है

जनपद के विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा है कौशल विकास और उद्यमिता तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है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

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव प्रीति सूडान ने ऐसे मरीजों को क्षतिपूर्ति के लिए पैकेज की घोषणा की है जिन्होंने खराब कूल्हे की जगह ब्रिटेन की कंपनी डपू इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बनाया गया कृत्रिम कूल्हा लगवाया है

आकाशवाणी से बातचीत में सुश्री सूडान ने बताया कि सरकार ने पहली बार यह साहसिक कदम उठाया है उन्होंने बताया देश के लोगों के लिए क्षतिपूर्ति का यह सबसे बड़ा पैकेज है

केन्द्र सरकार ने कल ही ऐसे मरीजों को क्षतिपूर्ति क बारे में एक फार्मूले को मंजूरी दी थी मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से अपने यहां रोगियों की इसी तरह जांच करने का आग्रह किया है जिससे राज्यों के रोगी बेहतर प्रक्रिया का लाभ पा सकें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गन्ना किसानों के भूगतान में तेजी आ गयी है आज एक दिन में ही तीन हजार पचास करोड रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किसानों के खातों में भेजा गया है कृषिमंत्री सुरेश राणा ने बताया योगी सरकार के आने के बाद तैतालिस हजार करोड रुपए का गन्ना किसानों का अब तक का ऐतिहासिक भुगतान कराया है और आज का दिन तो बहुत ऐसी हाथ ऐतिहासिक दिन है कि माननीय योगी जी के निर्देश पर आज एक दिन में ही तीन हजार पचास करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान निर्जित हुआ है जो सीधा गन्ना किसानों के खाते में गया है और मैं कह सकता हूं आज का दिन गन्ना किसानों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है इसके अलावा अन्य चीनी मिलों पर बकाया भूगतान को साफ्ट लोन के माध्यम से दिये जाने की प्रक्रिया चल रही है प्रदेश सरकार ने अनुपूरक अनुदान के माध्यम से निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को चार हजार करोड़ रूपये का साफट लोन देने की प्रकिया शुरू की थी

प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित एक बैठक के दारान इस बात का निर्णय लिया गया

यह कार्यकम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच सांस्कृतिक समझौते के अन्तर्गत आयोजित किये जायेंगे श्री नाईक ने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का रिश्ता बहुत पुराना है श्रीराम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और वनवास के दौरान वे नासिक के पंचवटी में रहे थें

समाप्त